स्वस्थ होने की दर उनासी प्रतिशत से अधिक केन्द्र सरकार ने बिहार के लिए रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाकर डेढ लाख किया

स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद के रिक्त हो रहे चौबीस सीटों के लिए भी चुनाव टलने की संभावना कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोविड संक्रमण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने लगा है पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के तीस प्रतिशत परिवारों के कुछ सदस्यों में बुखार और सर्दी खांसी जैसे कोविड के लक्षण मिले हैं उन्होंने बताया कि अधिक संक्रमण वाले संवेदनशील जिलों में सभी मुखिया को कोविड के लक्षणों वाले मरीजों की पहचान करवाने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही समुचित जांच के बाद संक्रमित पाये गये लोगों की तत्काल इलाज शुरू करवाने को कहा गया है ताकि बीमारी से संबंधित जटिलताएं और मृत्यु दर कम की जा सके श्री मीणा ने बताया कि पंचायती राज प्रतिनिधियों से अपने अपने ग्राम पंचायतों में बुखार से पीडित परिवारों में लोगों के स्वास्थ्य की विशेष निगरानी रखने को कहा गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों में तेरह हजार चार सौ छियासठ नये मामलों की पुष्टि हई कोरोना की दूसरी लहर में छियालीस दिनों के भीतर कोविड के मामलों की संख्या तीन लाख के आंकड़े को पार कर गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक लाख सात हजार एक सौ तिरपन नमूनों की जांच की गयी संक्रमण की दर में गिरावट आयी है और यह पिछले दिनों की तुलना में घटकर बारह दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गयी है कल सबसे अधिक पटना में दो हजार चार सौ दस नये मामले पाये गये वहीं मुजफ्फरपुर में छह सौ तीस मुंगेर में छह सौ तीन नालंदा में पांच सौ अड़तालीस और पश्चिम चंपारण में पांच सौ सैंतीस मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर सारण सुपौल और वैशाली जिले में भी पांच सौ से अधिक मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल एक साथ तेरह हजार चार सौ नवासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर बढ़कर उनासी दशमलव एक छह प्रतिशत हो गयी है वहीं इसी अवधि में बासठ मरीजों की मौत के साथ ही कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर तीन हजार एक सौ उनतालीस हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या एक लाख पन्द्रह हजार से अधिक है पटना के बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में आज से कोविड मरीजों के लिए सौ बेड वाला अस्पताल काम करने लगेगा राज्य सरकार के समन्वय अधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जल्द ही पच्चीस बेड का आईसीयू भी उपलब्ध हो जायेगा उन्होंने बताया कि सेना के पचासी डॉक्टरों की एक और टीम पटना पहुंच रही है केन्द्र सरकार ने बिहार सहित बारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के बढते मामलों पर चिंता व्यक्त की है नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा कि इन राज्यों में संक्रमण की रोकथाम के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है

देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कोविड महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न स्तरों पर दिशा निर्देश कितने प्रभावी तरीके से लागू होते हैं

आय्ष मंत्रालय ने कहा है कि आठ लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुड़े कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा कोविड से लडने में चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता बढाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवायें ली जाएंगी मंत्रालय ने कहा है कि आयुष डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं केन्द्र सरकार ने बिहार के लिए इक्कीस अप्रैल से सोलह मई तक रेमडेसिविर के आवंटन का कोटा बढ़ाकर एक लाख पचास हजार वायल कर दिया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि दस दिनों में राज्य को केन्द्र से पचास हजार वायल मिले हैं वहीं आने वाले दस दिनों में एक लाख वायल और मिलेंगे ऑक्सीजन और एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ठगी करने के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने प्रदेश भर से पन्द्रह लोगों को गिरफ्तार किया है ईओयू की टीम ने रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी जुबलिएंट के क्षेत्रीय प्रबंधक राजू कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है वहीं रेमडेसिविर की ही कालाबाजारी के आरोप में भागलपुर से दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है दूसरी तरफ ईओयू ने ऑक्सीजन रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाओं के नाम पर ठगी करने के आरोप में नालंदा से पांच और नवादा से सात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है इधर रोहतास जिले के डेहरी में कालाबाजारी के लिए रखे गये एक सौ उनतीस ऑक्सीजन सिलेंडर को भी जब्त किया गया है प्रदेश में अब तक अठहत्तर लाख इक्यावन हजार एक सौ सोलह लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सड़सठ हजार तीन सौ छियानवे लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से उनतीस हजार सैंतालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि अड़तीस हजार तीन सौ उनचास लोगों को दूसरी डोज दी गयी इधर देश भर में अब तक सोलह करोड़ इकहत्तर लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन के लिए पंजीकरण केवल कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन आरोग्य सेतु एप और उमंग एप पर ही होता है पीआईबी ने टीकाकरण के बारे में फर्जी मोबाइल एप को देखते हुए यह स्पष्टीकरण जारी किया है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से निर्धारित तीन सौ मिट्रिक टन ऑक्सीजन के कोटा का उठाव नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जतायी है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति को लेकर तैयार कार्य योजना का प्ररा विवरण मांगा है खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा साथ ही न्यायालय ने सरकार से कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरूआत को लेकर भी जवाब तलब किया पीठ ने पूछा है कि अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कब से शुरू होगा मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने बिहार के तारापुर विधानसभा क्षेत्र समेत अन्य राज्यों में रिक्त विधानसभा की सीटों के उपचुनाव को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है तारापुर सीट जदयू विधायक मेवा लाल चौधरी के निधन के बाद से रिक्त है कोरोना के कारण पंचायत चुनाव में हो रही देरी को देखते हुए राज्य में स्थानीय प्राधिकार के तहत आने वाले चौबीस विधान परिषद सीटों के चुनाव का भी टलना तय माना जा रहा है ये सीटें सत्रह जुलाई के बाद रिक्त हो जायेंगी राज्य सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल करने का फैसला किया है समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने बताया कि ऐसे बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में रखने की व्यवस्था की जायेगी उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत कर दिया गया है निदेशक ने बताया कि विभाग अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे बच्चों के बारे में जानकारियां जुटा रहा है जिन बच्चों के माता और पिता दोनों की कोरोना से मौत हो गयी है सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी के स्तर से तुरंत कार्रवाई की जायेगी और बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें चाइल्ड केयर होम में रखा जायेगा कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून के नियमों में छूट दी है अब सभी अस्पतालों नर्सिंग होम औषधालयों और कोविड देखभाल केन्द्रों को रोगियों से दो लाख रूपये तक नकद लेने की अनुमति होगी रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी यह छूट इस साल एक अप्रैल से इकतीस मई तक के लिए लागू होगी शिक्षा विभाग दूरदर्शन बिहार पर दस मई से नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाओं का संचालन करेगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह ने बताया कि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत सुबह दस बजे से बारह बजे तक कक्षाओं का संचालन होगा उन्होंने बताया कि दूरदर्शन पर पढ़ाई शुरू होने से लगभग चालीस लाख छात्र लाभांवित होंगे पिछले चौबीस घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया है कि प्रदेश के आधिकांश भागों में अगले तीन से चार दिनों तक हल्के बादल छाये रहेंगे

प्रभात खबर ने लिखा है राहत के संकेत बिहार में कोरोना संक्रमण दर घटी रिकवरी दर बढ़ी हिन्दुस्तान लिखता है बिहार के लिए रेमडेसिविर का कोटा बढ़ा पन्द्रह जगह लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना में पिछले तीस दिनो में मिले बासठ हजार आठ सौ अड़तीस संक्रमित दैनिक जागरण ने ईपीएफओ की बीमा सुरक्षा योजना में कोरोना से होने वाली मौत को शामिल किये जाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम वाई इकबाल का निधन दैनिक आज लिखता है शिक्षक कर्मियों को बकाया वेतन दो हफ्तों में और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण का तेजी से हो रहा है फैलाव

स्वस्थ होने की दर उनासी प्रतिशत से अधिक केन्द्र सरकार ने बिहार के लिए रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाकर डेढ लाख किया

स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद के रिक्त हो रहे चौबीस सीटों के लिए भी चुनाव टलने की संभावना